स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा स्टार्टअप को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एक हजार करोड़ रूपये का बनाया गया है सीड फंड रांची सिविल कोर्ट की एक चौथाई अदालतों में इक्कीस जनवरी से शुरू होगी फिजिक्ल सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान अति मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है

श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा

प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं लेकिन इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा उसकी दुनियाभर में प्रशंसा हुई है प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरूआत करने के बाद देशभर में कोरोना योद्वाओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने का अभियान शुरू हो चुका है

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह टीकाकरण अभियान कोरोना से जंग में वरदान साबित होगा

बोकारो जिले में सदर अस्पताल स्थित ए एन एम प्रशिक्षण केंद्र तथा चंदनकियारी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई जिले के उपायुक्त ने बताया कि टीकाकरण को लेकर लाभार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने बताया कि जिले में पहले चरण में लगभग साढ़े दस हजार लोगों को टीका लगाया जाएगा चाईबासा में भी पहले चरण के पहले दिन ही दो केंद्रों पर लाभार्थियों को टीका लगाया गया जिले के उपायुक्त ने बताया कि टीकाकरण को लेकर दोनों केंद्रों में सभी व्यवस्था पुख्ता है गिरिडीह जिले में टीका लगाने के लिए आए लाभार्थियों में काफी उत्साह देखा गया

पलामू जिले में टीकाकरण की शुरुआत करते हुए सिविल सर्जन जॉन केनेडी ने टीका लगवाया साहिबगंज जिले में पहले चरण के टीकाकरण में चार हजार दो सौ स्वास्थ्य कर्मियों को लगाने का काम शुरू कर दिया गया है

लोहरदगा स्थित ओल्ड मेसो बिल्डिंग और कुड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीकाकरण शुरू हुआ

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्टार्टअप को नया रूप मुहैया कराया जाएगा स्टार्टअप को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एक हजार करोड़ रूपये का सीड फंड बनाया गया है श्री मोदी ने बताया कि पूरे देश में इकतालीस हजार से ज्यादा स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं उनमें से चालीस प्रतिशत स्टार्टअप में महिलाए निदेशक के पद पर हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के वक्त आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरूआत हुई और इस दौरान कई स्टार्टअप भी सामने आए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सभी राज्य स्टार्टअप मिशन में भागीदार हैं और अस्सी प्रतिशत जिले स्टार्टअप से जुड़ चुके हैं

झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर न्यायायक्त ने यह निर्णय लिया इसके तहत प्रतिदिन दस फिजिकल अदालत चलेंगे इन अदालतों में एक समय में अधिकतम दो अधिवक्ता और एक व्यक्ति मौजूद रहेंगे वहीं तीन चौथाई अदालतों में वर्चअल माध्यम से सुनवाई जारी रहेगी इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा इसके साथ ड्रॉप बॉक्स की सुविधा भी जारी रहेगी ड्रॉप बॉक्स में नए मामलों को दाखिल करने का समय बढ़ाकर दिन के ग्यारह से तीन बजे तक कर दिया गया है रेल मंत्रालय ने आज खनिज लोहे के परिवहन के लिए मालगाडियों के आवंटन की नई नीति जारी की नई नीति इस वर्ष दस फरवरी से लागू हो जाएगी इसका उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनकी परिवहन संबंधी समूची आवश्यकताओं को पूरा करना है रेल मंत्रालय ने कहा है कि नई नीति का इस्पाात उद्योग पर अच्छा असर पडने की संभावना है इससे अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र को बढावा मिलेगा और देश के आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान सक्षम का आज श्रभारंभ किया यह देशव्यापी अभियान स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित रहेगा यह उन सात प्राथमिकताओं के बारे में जागरूकता फैलाएगा जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिक्र किया था इनमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग करना जैव स्रोतों को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शामिल हैं रेलवे सुरक्षा बल ने गिरिडीह के सरिया स्थित हजारीबाग रोड स्टेशन पर कोलकाता हावड़ा ट्रेन से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है ये दोनों अपराधी दिल्ली के रोहिणी में एक जेवर प्रतिष्ठान से लगभग छियासी लाख रुपए की कीमत का सोना लूटकर फरार हो गए थे पुलिस ने इन अपराधियों के पास से लूट का एक किलो आठ सौ ग्राम सोना और दो हजार डॉलर बरामद किया है गौरतलब है कि सोना लूटकांड को लेकर पुलिस के समक्ष सीसीटीवी फूटेज से आठ अपराधियों की संलिप्पता होने की बात सामने आई पुलिस ने बताया कि लूट के दौरान अपराधियों ने एक कर्मचारी की हत्या कर दी थी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री दाभोई चंदोद रेलखंड को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में बदलने चंदोद केवडिया नए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और विद्युतीकृत प्रतापनगर केवड़िया रेलखंड का उदघाटन करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री दाभोई चंदोद और केवड़िया रेलवे स्टेशन भवन का भी उद्घाटन करेंगे केवड़िया रेलवे स्टेशन पर्यावरण अनुकूल सर्टिफिकेट प्राप्त भारत का पहला स्टेशन है

बारिश के कारण आज खेल में बाधा उत्पन्न हुई कप्तान रहाणे दो रन और पुजारा आठ के स्कोर पर क्रीज पर हैं रोहित शर्मा चौवालीस रन और शुभम गिल सात रन बनाकर आउट हुए इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी तीन सौ उनहतर रन पर समाप्त् हुई भारत के लिए टी नटराजन शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने तीन तीन विकेट लिए चार टेस्ट मैचों की इस श्रंखला में भारत और आस्ट्रेलिया को एक एक मैच में जीत मिली है जबकि एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था

इस विस्फोट के बाद उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग की इसकी जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर सुरक्षा बल पहुंचे जहां उग्रवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई इस दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी फरार हो गए इधर पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है इस दौरान उग्रवादियों द्वारा छोड़े गए कई सामानों को पुलिस ने बरामद किया है